केन्द्र सरकार उपद्रवी तत्वों द्वारा वाट्सएप का द्वरूपयोग रोकने के लिये कम्पनी से संदेश के स्त्रोत का पता लगाने का तंत्र विकसित करने को कहेगी राज्य के ज्यादातार इलाकों में तेज वर्षा का दौर जारी मौसम विमाग ने राज्य के पूर्वी इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी

कल रियो डीजेनेरिया में ब्रिक्स देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक में ब्राजिल रूस भारत चीन और दक्षिण अफीका ने हर प्रकार के आतंकवाद की कडी निंदा की ब्रिक्स देशों ने संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय कानूनी आधार पर आतंकवाद के खिलाफ एक जुट कार्रवाई की अपील की बैठक में सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्यमंत्री वी के सिंह ने भारत का प्रतिनिधित्व किया पांचों ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद से मुकाबले के लिये विश्व के सभी देशों की समन्वित भूमिका पर बल दिया

विधेयक इस संबंध में जारी अध्यादेश का स्थान लेगा विधेयक में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व अनुपालन को कठोर करने राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण को कुछ जिम्मेदारियों को हस्तांतरित करने और कुछ अपराधों को नागरिक अपराध के रूप में परिभाषित करने का प्रावधान है विधेयक के अनुसार अगर कोई कंपनी कानून के मुताबिक अपना कारोबार नहीं करती है तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आरोपी कंपनी का नाम हटाने के लिए कार्रवाई शुरू कर सकते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक से कंपनियों को कारोबार करना सुगम होगा उन्होंने कहा कि विधेयक में कंपनियों के खिलाफ कुछ भी नहीं है

कल लोकसभा में लिखित उत्तर में प्रकाश जावडेकर ने कहा कि विभिन्न नदियों के किनारे बसे शहरों में प्रद्वषण कम करने की योजनाओं के लिए समय समय पर राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं

इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में कांग्रेस समाजवादी पार्टी तृणमूल कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय जनता दल तेलुगुदेशम पार्टी और वामदल के सदस्य शामिल हैं पंत्र में इन सांसदों ने कहा है कि कानून बनाने की स्थापित और स्वस्थ परम्पराओं को नजरअंदाज करके ऐसा किया गया है

उन्होंने कहा कि इन कंपनियों की सेवाओं से जुड़ी शिकायत परिवहन आयुक्त और परिवहन के अधिकारियों से भी की जा सकती है कल विधानसभा में एक तारांकित प्रश्न का जवाब देते हुए श्री खाचरियावास ने बताया कि ओला और उबर द्वारा अधिक किराया वसली या सेवा को लेकर शिकायत मिलती रहती है उन्होंने बताया कि अब हर कम्पनी को अपने यहां एक कन्ट्रोल रूम स्थापित करना होगा तथा इसमें आने वाली शिकायतों के बारे में समय समय पर परिवहन विभाग को जानकारी देनी होगी उन्होंने बताया कि कैब सेवा प्रदाता कंपनी को मीटर के अनुसारयात्रा की दूरी और समय के आधार पर किराए के बारे में यात्री को सूचना देनी होती है

इस संबंध में एक समिति का गठन किया गया है शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने कल विधानसभा में विधायक अशोक लाहोटी के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर यह जानकारी दी

सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कल वोटसएप प्रमुख के साथ इस बारे में बैठक की वाट्स एप प्रमुख ने इन गंभीर मुददों पर तरत कार्रवाई का आश्वासन दिया वाट्स एप के प्रस्तावित भूगतान सेवा के बारे में श्री प्रसाद ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की अपेक्षाओं के अनुरूप है

मौसम विभाग ने राज्य के पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी है झु झुनू जिले में बीते तीन दिन से जारी बरसात से जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया है और पानी घरों में घूसने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है बुधवार शाम से शुरू हुई बारिश कल देर शाम तक जारी रही जिससे सड़कों एवं गलियों ने तालाब को रूप ले लिया

इससे शेखावाटी के तीनों जिलों के जलस्तर में बढोतरी होगी अलवर जिले के थानागाजी में कल लगातार सात घंटे तेज बारिश के बाद पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया बारिश के कारण क्षेत्र के कई एनिकेटों पर चादर चली इसके साथ ही क्षेत्र के कई नदी नाले उफान पर आ गए

जिसका पानी तेज गति से बहकर खेतों में पहुंच गया सीकर में लगातार बारिश के बाद अलर्ट जारी कर दिया है

झालावाड सवाईमाघोपुर सीकर नागौर पाली और राजसमंद से भी अच्छी वर्षा होने के समाचार प्राप्त हुए है राज्यभर में वर्षाजनित हादसों में कल सवाईमाधोपर में एक किशोर की मृत्य हो गई वहीं झंझनं जिले के खेतडी में तालाब में नहाने गये एक बालक की डूंबने से मृत्यु हो गई सीकर जिले में पिछर्ल देर्दो दिनों में हुई भारी बारिश से हुई जनहानि में पांच मृतकों के आश्रितों को चार चार लाख रूपये की सहायता राशि मंजूर की गई है

न्यायालय ने लोकसभा क्षेत्र के ्रिटर्निंग अधिकारी को अप्रेल महीने में सम्पन्न हुए लोकसभा चुनाव से जुड़े समस्त दस्तावेजों और सामग्री को संरक्षित रखने के आदेश दिये है हालांकि कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट को इससे अलग रखा है न्यायाधीश अरुण भंसाली ने भारतीय पुलिस सेवा के बर्खास्त अधिकारी पंकज चौधरी की चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए है